राज्यपाल ने देहरादून में संजीवनी महाप्त्सव का श्भारंभ किया

उन्होंने उत्पादकों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों का उत्साहवर्दधन भी किया

इस परियाजना के तहत कठघरिया से गम्रा लाइन बिछाने का कार्य किया जायेगा इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि इस परियाजना के बाद हल्दवानी और लालक् क ग्रु सिलेन्डरों से म्क्ति मिल जाएगी

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसकी सहमति दे दी हण उन्होंने कहा कि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रफ्रेसरों की नियुक्ति से छात्रों क बेहतर शिक्षा उपलबध ह सकेगी उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में फ़कल्टी की प्री व्यवस्था रहे इसके प्रयास किये जा रहे हैं

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दुरस्थ क्षेत्र के छात्रों के लिये यह महाविदयालय बहत ही उपयाणी रहा ह उन्होंने कहा कि महाविदयालय में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हाजे से द्रस्थ क्षेत्र के छात्रों क तकनीकि क्षेत्रों में ह रहे स्धारों का लाभ मिलेगा इससे व ध्निक संचार तकनीक का बेहतर उपयाण कर पायेंगे साथ ही देश और द्निया से ज्ड़कर उनकी साघ में भी सकारात्मक परिवर्तन थ सकेगा डिजिटल लाइब्रेरी के शुरू हाजे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री याणी थ दित्यनाथ ने कहा कि महाविदयालय ने क्षेत्र के छात्रों क उच्च शिक्षा की बड़ी सौगात दी ह उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी महाविद्यालय के छात्रों के साथ ही क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के छात्रों के लिए भी उपयागी हागी उन्होंने कहा कि ः ज का यूग तकनीक का य्ग ह और एक क्लिक पर तमाम द्निया की जानकारी प्राप्त की जा सकती हण समीक्षा बठक चम्पावत और बागेश्वर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी चम्पावत में जिला विकास अन्श्रवण और निगरानी समिति की समीक्षा बछक के दौरान सांसद अजय टम्टा ने यह बात कही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की याजना के तहत मेडिकल कालेज का निमार्ण किया जायेगा बठक के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की विभिन्न याजनाओं की वर्ग वार समीक्षा कर अधिकारियों का विकास कार्यो में गति लाने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि जिले में ऑलवेदर सड़क निर्माण कार्य की प्रगति के बाद टनकप्र से लाहाघाट में नियमित वाहन की अन्मति दी जा सकती हण इस दौरान उन्होंने किसानों की थ्य बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने और स्वराजगार का बढ़ाने पर बल दिया

मेले में किसानों के लिए कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगायी गई और उत्कृष्ट खेती कर रहे किसानों का सम्मानित किया गया मेले में प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों के कृषि उपकरणों की जानकारी भी दी गई इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान खेती के साथ साथ सरकार द्वारा दी जा रही राजस्व सहायता के प्रति भी जागरूक हुए हैं

अगर काई वी ईपी शाही स्नान में शामिल हामे का इच्छ्क हागा त उसे एक साधारण श्रद्धाल् की तरह थ ना होगा

इस बठक में उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्लिस अधिकारी शामिल हुए राज्य के प्लिस महानिदेशक अश्क्र क्मार की अध्यक्षता में हई बठक में निर्णय लिया गया कि महाकृंभ मेले में विभिन्न राज्यों औऱ एजेंन्सी के एक वरिष्ठ अधिकारी कथ समन्वय के लिए नाइल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा महाकुम्भ के दौरान प्रत्येक राज्य साशल मीडिया मॉनिटरिंग करेगा और इससे प्राप्त सूचनाओं का शेयर किया जाएगा साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कुम्भ मेले के लिए जारी एसओपी का पूरी तरह से पालन किया जाएगा इसके लिए साशल मीडिया प्लेटफार्म से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा बछक में डीजीपी ने कहा कि ट्रफिक डायवर्जन में सीमावर्ती राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है प्रमुख स्नान वाले दिन यातायात दबाव अधिक हामे पर उतर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है जाएगी

पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय नरेंद्रनगर में तब्रात डी ईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि उत्तराखंड में महिला कमांड फार्स क देश की सबसे अहम कमांड फार्म राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तरह ट्रेनिंग दी जा रही हण यह कमांड संगठित अपराध ड्रग और तस्करी की रफ़थाम के लिए भी काम करेगी उन्होंने बताया कि पहले इस तरह का प्रशिक्षण पुरुष पुलिसकर्मियों कथ दिया जाता था

इसमें द इंस्पेक्टर और बीस अन्य महिला प्लिस सिपाही शामिल हैं

घटना की सूचना मिलने पर भतरौंजखान थानाध्यक्ष प्लिस दल के साथ राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहंचे वाहन में सवार दें लागों की घटना स्थल पर ही मृत्यू है घायलों कै रानीखेत राजकीय चिकित्सालय भेजा गया

इस दौरान टनल से लगातार पानी का रिसाव है रहा है जिसके कारण सर्च अभियान में मुश्किल है रही हा

पशपालक बागेश्वर बागेश्वर जिले के पश्पालन विभाग का मार्च तक पार्टेबल वेटनरी मशीन मिल जाएगी इससे पश्ओं के गर्भधारण की सटीक जानकारी मिल सकेगी जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मशीन खरीदने के लिए पंजीकरण का स्वीकृति प्रदान कर दी हा उन्होंने बताया कि जिले में उच्च गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सकीय स्विधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई है

इससे पश्पालकों क भी सीधा लाभ मिलेगा इसके अलावा इस मशीन का उपयाण जानवरों में हामे वाले ट्यूमर और यूट्रस की बीमारियों का पता भी लग सकेगा

बठक में वक्ताओं ने कहा कि हिंदी क राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा त देश क विशेष सम्मान मिलेगा